सीतारमन केन्द्र सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक ओरिएंटल बैंक और युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के विलय की घोषण की है केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा आज नई दिल्ली में संवाददताओ को जानकारी देते हुए कि विलय के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यह दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा

सरकार केनरा बैंक सिंडीकेट बैंक यूनियन बैंक आंध्रा बैंक और कारपोरेशन का बैंक का भी विलय करेगी वित्त मंत्री ने बताया कि बैंकिंग क्षेत्र की नींव मजबूत करना जरूरी है उन्होंने कहा कि सरकार पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने की दिशा में कदम उठा रही है

उन्होंने बताया कि सरकार इसी वर्ष चार हजार केन्द्र खोलने की कोशिश कर रही है योग के विकास और इसे बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को योग पुरस्कार प्रदान करते हुए नई दिल्ली में श्री मोदी ने कहा कि देश भर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र खोले जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आयुष और योग फिट इंडिया अभियान के मजबूत स्तम्भ हैं उन्होंने कहा कि योग प्रणायाम और आयुर्वेद के बल पर ही वे स्वस्थ हैं उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेद योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी के बाद आयुष परिवार में सोवा रिगपा भी शामिल हुआ है श्री मोदी ने कहा कि गांधी जी जीवन शैली के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करते थे उन्होंने कहा कि यह विचित्र संयोग है कि फिट इंडिया अभियान शुरू होने के अगले दिन ही वे आयुष और योग से जुड़े कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं राइट टू हेल्थ लोक स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि राइट टू हेल्थ के जरिए प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर से बेहतर सुविधायें दी जायेंगी

जिन रोगों से लोगों को स्वस्थ्य होने में काफी समय लगता है उन्होंने कहा कि इस योजना से हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य है श्री सिलावट ने कहा कि खानपान आदि का भी स्वाध्य से गहरा नाता पिछले तीन सालों में कैंसर किडनी और हरदय रोग संबंधी बिमारियां मिलावटी खाद्य पदार्थों की वजह है से बढ़ी है

रविवार को एक और प्रयास के बाद इसकी दूरी चन्द्रमा की सतह से घटकर औसतन सौ किलोमीटर रह जायेगी

यह जानकारी सुचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कल सातवें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के समापन के अवसर पर दी उन्होंने यह भी कहा कि अगले दो महीने के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लोक संपर्क और संचार ब्यूरो रेडियो के लिए विज्ञापन की दरों में वृद्धि करेगा जो हाल ही में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए की गई बढ़ोतरी की तर्ज पर होंगी

उन्होंने कहा कि नया भारत में जिम्मेदार लोग और जिम्मेदार सरकार होगी

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत कुछ चुनिंदा लोगों की आवाज मात्र नहीं रह गया है बल्कि हर भारतीय की आवाज है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है जहां एक ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हये उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपने की मांग कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर दिग्विजय सिंह अजय सिंह जैसे अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम भी इस दौड़ में शामिल है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज दिल्ली में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की बाद में पत्रकारों से बात करते हुये कहा कि पार्टी में इस पद को लेकर कोई मतभेद नहीं है पार्टी सूत्रों से मिली खबर के अनुसार श्रीमती गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद कोई फैसला करेंगे उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता असलम शेर खान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए दावा कर रहे हैं उनका कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिये चेहरे से ज्यादा पार्टी में एकता की जरूरत है

इसका मुख्य उद्देश्य पांच वर्ष तक के बच्चों की शारीरिक वृद्धि और निगरानी स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकता के प्रति जागरूकता गर्भावस्था जांच और शीघ्र स्तनपान व्यवहार सही समय पर ऊपरी आहार के साथ निरंतरता आदि पर प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करना है अभियान में जिला विकासखंड और आंगनवाड़ी स्तर पर पोषण जागरूकता और इसे जन आंदोलन का रूप देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम होंगे पोषण माह में होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी केन्द्र सरकार के पोर्टल पर अपडेट की जायेगी तथा वेबसाइट के माध्यम से इसकी रोजाना समीक्षा भी होगी विश्व विद्यालय आयोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्व विद्यालय अनुदान आयोग को कुछ विश्व विद्यालयों द्वारा जाली डिग्री बेचे जाने के आरोप की जांच के लिए तुरन्त उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिये हैं यह प्रतिक्रिया मीडिया की उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें देश के कई भागों में छात्रों के बिना कक्षा में गए या परीक्षा दिए बगैर एजेंटों द्वारा मान्याता प्राप्त विश्वि विद्यालयों से डिग्री दिलाने का दावा किया गया है एक ट्वीट में मंत्रालय ने कहा है कि यह समिति तीन हफ्तों के भीतर जांच पूरी करें और ऐसे संस्थानों और संलिप्त लोगों की पहचान करे जो जाली काम कर रहे हैं मंत्रालय ने इन लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने को कहा है

विदिशा में हो रही लगातार बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आज तेज बारिश के कारण जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया था वहीं सागर जिले में भारी बारिश से नदी के किनारे खरीफ की फसल को नुकसान की खबर है उधर रायसेन जिले में भी बारिश होने से भोपाल सागर मार्ग पर आवागमन बाधित हुआ वहीं गैरतगंज और बेगमगंज के बीच कहुला पुल पर भी पानी के आ जाने से सड़क संपर्क टूटा रहा

साथ ही गुना अशोकनगर दमोह छतरपुर रायसेन राजगढ़ सीहोर नरसिंहपुर छिंदवाड़ा सिवनी और होशंगाबाद जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे श्री चाव्हाण दीपक बावरिया की जगह लेंगे